स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मख्य सचिव रोहित कमार सिंह द्वारा आदेश में कहा गया है कि किराए के घरों में रहने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर मकान मालिक द्वारा घर खाली करने का दबाव डाला जा रहा है

पुलिस महानिदेशक कारागार एनआरके रेडी ने लिए आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया नये कैदियों को अलग रखा जा रहा है और जेलों में बंद सभी कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि कैदियों से आम लोगों के मिलने पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है साथ ही यदि किसी कैदी में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे आइसोलेशन में रखा जा रहा है

श्री रेड्डी ने बताया कि जेल प्रशासन साफ सफाई पर भी विशेष जोर दे रहा है

लॉकडाउन के मद्देनजर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऐसा किया जा रहा है गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस बारे में पत्र लिखा है सरकार ने लॉकडाउन के दौरान खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को बंद न करने के भी निर्देश दिए हैं

एक ट्वीट में खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों से सम्पर्क में है ताकि ऐसी वस्तुओं की कमी न होने पाए

दूसरी ओर जोधपुर की एक महिला मरीज मुम्बई से जोधपुर आते समय ट्रेन में फर्स्ट एसी कोच में संकमित मरीज के संपर्क में आने से संकमित पाई गई है चिंकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सभी मरीजों को आइसोलेट कर उपचार दिया जा रहा है इस बीच भीलवाड़ा शहर में डोर ट्र डोर सर्वे का कार्य करने के साथ ही छिड़काव का कार्य युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है

उन्होंने कहा कि विभाग ने नए वेन्टीलेटर्स खरीदने की तैयारी की है

अब जो भी व्यक्ति कहीं से आएगा उसकी संबंधित कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी तरह जांच की जाएगी उन्होंने कहा कि आम आदमी को भी इस खतरे को समझकर सरकार के हर जरूरी कदम में सहयोग करना चाहिए तभी इस खतरे को दूर किया जा सकेगा राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज अपने चिकित्सक दल को आज आमजन की सेवा के लिए राजभवन से कार्यमुक्त कर दिया है राज्यपाल ने कहा कि इस वक्त प्रदेश की जनता को हल हाल में सुरक्षित रखना है

हालांकि इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए मालगाड़ियां चलती रहेंगी

कामगारों को यह धन उपकर कोष से जारी किया जायेगा भवन और अन्य निर्माण कार्य उपकर अधिनियम के तहत श्रम कल्याण बोर्ड यह उपकर एकत्र करते हैं श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस संबंध में मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखे हैं

घरों में माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है और घट स्थापना हो रही है नवसंवत्सर भी आज से शुरू हो गया है

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश के मध्य इलाकों में बने चकवाती तंत्र के साथ हिमालय के तराई क्षेत्र में लगातार बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले तीन दिन मौसम के बदले मिजाज से राहत मिलने की संभावना नहीं है प्रदेश में दिन का तापमान अधिकांश जिलों में सामान्य या उससे ज्यादा दर्ज हो रहा है लेकिन क्छ इलाकों में हो रही छितराई बारिश से रात में मौसम ठंडा हुआ है